ऐसे दस लोगों को आज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर वापस घर भेजा गया हालांकि एक अन्य संक्रमित मरीज ने भी कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की लेकिन हृदय रोग को लेकर उन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ संजय क्मार सिन्हा ने बताया कि अब तक जिले के बावन संक्रमित मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं इधर रामगढ़ जिले में भी पांच लोगों ने कोरोना की जंग जीतने में सफलता हासिल की

इस बीच लातेहार जिले में भी दो और कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना से जंग जीत कर स्वस्थ हए कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हए दोनों मरीजों को आज राजहर स्थित कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दी गई इस मौके पर उपायुक्त जिशान कमर और पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद समेत जिले के वरीय पदाधिकारियों ने स्वस्थ हुए मरीजों को कोविड केयर सेंटर पहंचकर विदाई दी उपायुक्त और एसपी ने दोनों के बीच मास्क र्सेनेटाइजर मेडिकल किट एवं राशन का वितरण किया और उनके सुखद तथा स्वस्थ जीवन की कामना की

प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची के कोकर क्षेत्र में रहने वाले एक संक्रमित मरीज की मौत रिम्स के न्यूरो वार्ड में हो गयी यह मरीज पहले मेडिका में भर्त्ती था

मुख्यमंत्री ने इसके लिए पूर्व विधायकों का आभार जताया और कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में उनके द्वारा मिली यह सहायता राशि काफी उपयोगी साबित होगी श्री सोरेन ने कहा कि पूर्व विधायकों का कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में साथ देने के लिए आगे आने की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है उन्होंने कहा कि पूरे राज्य से विभिन्न संगठनों के साथ साथ आम लोग भी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं इससे निश्चित तौर पर हम सभी कोरोना पर जीत हासिल करने में कामयाब होंगे

इसे देखते हुए जिला प्रषासन ने मनरेगा के माध्यम से संचालित होने वाले पानी रोको पौधा रोपा कार्यक्रम पर बल दिया है इस योजना के तहत सभी पंचायतों में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्षी ने राज्य सरकार द्वारा घोषित आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत एक एक लाख रुपये की सहायता राषि सौंपी

इस मौके पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेष ठाक़्र और कृषि मंत्री बादल ने हवाईअडडे पर घर लौटे प्रवासी श्रमिकों का स्वागत किया वापस लौटने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच के बाद बस में बैठाकर गृह जिला भेज दिया गया झारखंड में अब तक पांच विमानों से प्रवासी श्रमिक वापस लौट चुके है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आज लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील पर एक निजी वापस कंपनी ने मदद की हेमन्त सोरेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को यह जानकारी दी है कि मख्यमंत्री लॉकडाउन के दौरान झारखंड के दो निवासियों की विदेष में मृत्यु हो गयी है मुख्यमंत्री ने विदेष मंत्री से इन दोनों के शव को झारखण्ड लाने में सहयोग करने का आग्रह किया है इससे पहले मुख्यमंत्री को मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली कि झारखंड के गिरिडीह निवासी रामेश्वर महतो की मलेशिया और हजारीबाग निवासी महादेव सोरेन की अफ्रीका में लॉकडाउन के दौरान मौत हो गई केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में संयुक्त पहल ट्यूलिप का श्भारंभ किया इसका उद्देश्य देश में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है इस प्लेटफार्म का उद्घाटन करते हुए शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ट्यूलिप से विद्यार्थियों शहरी स्थानीय निकायों सहित सभी पक्षों को लाभ होगा इससे देश में यूवा प्रतिभाओं की पहचान सुगम होगी उन्होंने कहा कि देश में इस प्रकार का यह पहला कदम होगा जिससे प्रतिभा को समुचित अवसर देकर देश के जनसांख्यिकी आधार का पूरा लाभ लिया जा सकेगा श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ट्यूलिप युवाओं में बौद्धिक कौशल को बढ़ावा देगा

इस दौरान उपविकास आयुक्त ने बताया की लॉक डाउन की वजह से काम रुका हुआ था लेकिन अब काम शुरू कर दिया गया है जिले में लगभग ग्यारह हजार का लक्ष्य निर्धारित है जिसका आधा काम हो चुका है जल्द ही निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने आगे कहा की पूरे राज्य में धनबाद को प्रधनमंत्री आवास योजना में छठा स्थान प्राप्त है राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले चौबीस घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिष की संभावना है

इस दौरान कुछ स्थानों पर वजपात की भी आषंका जतायी गयी है इधर चतरा में तेज हवाओं के साथ आज हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है बारिश के दौरान जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में पेड़ के नीचे खड़े एक युवक की मौत हो गयी और दो अन्य युवक गंभीर रूप से झुलस गये घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्त्ती कराया गया है

जिले की उपायुक्त आकाक्षा रंजन ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गयी है

देवघर के उप विकास आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल की अध्यक्षता में टिड्डी दल के हमले की आशंका को लेकर विकास भवन सभागार में आज हुई बैठक में कृषि पदाधिकारी को अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पूर्ण रूप से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया